प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज छिदवाडा और इंदौर में जनसभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज छिंदवाड़ा और इन्दौर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेगें श्री मोदी दोपहर में छिदवाड़ा में और शाम को इन्दौर में आमसभा को संबोधित करेंगे सभा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं इंदौर में सभास्थल पर दो सौ सीसीटीवी कैमरे और पांच ड्रोन से नजर रखी जायेगी

वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज सिंगरौली और उमरिया में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया वहीं कांग्रेस से राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनन्द शर्मा ने आज भोपाल दौरे पर हैं वे यहां एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करेंगे छग चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिये जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल जनसभाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आमसभा को संबोधित किया

आवेदन ऑफ लाइन और ऑन लाइन जमा किये जा सकेंगे

नरसिहपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

वहीं स्वीप प्लान के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में लगातार विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां चलायी जा रही हैं इसके तहत रैली रंगोली मतदाता पाठशाला द्वारा मतदान करने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है सिवनीमालवा में नगर पालिका के कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के सहयोग से एक रैली निकाली गई रैली के माध्यम से हर मतदाता के घर पहुंचकर मतदान करने की अपील की गयी वहीं खंडवा जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है

साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छैगांवमाखन में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई उधर ग्वालियर में कल एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें शहर के महाविद्यालयों और दूसरे शिक्षण संस्थाओं की छात्राओं ने भाग लेकर लोगों से मतदान करने की अपील की वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने से शुरू हुई यह दौड़ फूलबाग इटालियन गार्डन होते हुए वापस लक्ष्मीबाई समाधि के सामने मैदान पर समाप्त हुई

गृह मंत्रालय की आज नईदिल्ली में जारी सूचना के अनुसार सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा और धर्मनिरपेक्षता को बढावा देने तथा सम्प्रदायवाद विरोधी और अहिंसा जैसे मुद्दों पर बैठकें और गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी

इस अवसर पर देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को दूसरे हिस्सों की भाषाई विरासत की जानकारी देने के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा

इसके अलावा सांस्कृतिक एकता दिवस इस दौरान मनाया जाएगा और विविधता में भारतीय परंपराओं की एकता दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा

यह प्रशिक्षण विधानसभावार दिया जायेगा